इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिमाचल वीर नायकों की भूमि है और राज्य को बहादुर सैनिकों पर गर्व है जयराम ठाकुर ने कहा कि यह शहीदों के सम्मान में भाजपा द्वारा आयोजित ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो देश के विभिन्न भागों में आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और महिला मोर्चा के सदस्य व दिल्ली में रहने वाले प्रदेश के लोग मौजूद रहे अर्लट भारतीय सेना द्वारा कल तड़के पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविर पर किए गए हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है हिमाचल के पूलिस महानिदेशक एस आर मरड़ी ने राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं पुलिस ने प्रदेश की समी जल विद्युत परियोजनाओं सहित हवाई अड्डों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं पुलिस अधीक्षक एसपी लॉ एंड ऑर्डर खुशहाल शर्मा ने कहा कि सभी ज़िलों के पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं और राज्य की सीमाओं सहित सेना की छावनियों के लिए पुख्ता इंतजाम करने को कहा है मौसम राजधानी शिमला सहित पर्वतीय इलाकों में रूक रूक कर हिमपात जबकि निचले जिलों में व्यापक वर्षा हो रही है इससे समूचा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है लाहौल स्पिति कुल्लू किन्नौर और शिमला ज़िलों के उंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह से हिमपात हो रहा है शिमला ज़िला के उपायुक्त अमित कश्यप ने भारी बर्फबारी और ठंड को देखते हुए जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में आज अवकाश की घोषणा की है मौसम विभाग ने आज अधिक उंचाई व मध्यवर्ती क्षेत्रों में भारी बारिश और हिमपात की चेतावनी जारी की है इस दौरान उच्च पर्वतीय इलाकों में हिमखंडों के गिरने की भी आशंका है खोज अभियान इस बीच किन्नौर जिले के नमग्या डोगरी नाले के निकट हिमखंड में दबे पांच सैनिकों का कल भी पता नहीं चला है

इधर चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के भटवाड़ा गांव में भूस्खलन से राजकीय प्राथमिक पाठशाला को खतरा पैदा हो गया है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

अमर उजाला का शीर्षक है एयर स्ट्राइक के बाद हाईअलर्ट पर हिमाचल दैनिक जागरण ने लिखा है सैन्य क्षेत्र योल व कांगड़ा एयरपोर्ट में हाईअलर्ट पंजाब केसरी का कहना है हिमाचल में एयरपोर्ट व हाईडल प्रोजैक्टों में चौकसी बढाई गई दैनिक सवेरा टाइम्स ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से लिखा है निवेश की आहट से हिमाचल उम्मीदों को लगे पंख अजीत समाचार और आपका फैसला के लगभग एक से शब्द हैं सरकार निवेशकों को श्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध हिमाचल दस्तक ने हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के हवाले से खबर को शीर्षक दिया है चौंकाने वाला होगा कांग्रेस का टिकट आवंटन

रोजगार के द्वार शीर्षक से दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है राज्य के लोगों को चाहिए कि औद्योगिक जरूरत के अनुसार शिक्षा हासिल करें ताकि उन्हें आसानी से रोजगार मिल सके और हर हिमाचली खुशहाल जीवनयापन कर सके